आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य पड़ोसी देशों के उन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना है जो उत्पीड़न का शिकार होकर यहां आए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को एक मौका मिला था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को बेनकाब किया जाए लेकिन विपक्ष की राजनीति के चलते यह अवसर हाथ से निकल गया उन्होंने विपक्षी दलों को चुनौती दी कि वे मौजूदा सरकार के प्रयासों में किसी भेदभाव को साबित करें प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की भी चर्चा की नागरिकता संशोधन कानून बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड में सर्वदलीय मंच के बैनर तले लोगों ने आज नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली इस मौके पर मंच के सदस्यों ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं सर्वदलीय मंच ने लोगों से आह्वान किया है कि वे इस कानून का शांतिपूर्वक समर्थन करें और देशहित में अपना योगदान दें वहीं सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में भी कला केन्द्र चौक पर आज लोगों ने एकत्रित होकर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में नारेबाजी की जीएसटी जीएसटी परिषद ने वस्तु और सेवाकर दरों में बदलाव पर वार्षिक आधार पर विचार करने का फैसला किया है बिहार के उपमुख्यमंत्री और आईजीएसटी के लिए मंत्री समूह के संयोजक सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अब प्रत्येक बैठक में नहीं बल्कि वर्ष में एक बार दरों में बदलाव पर विचार किया जाएगा उन्होंने कहा कि जब तक राजस्व संग्रह में स्थिरता नहीं आ जाती जीएसटी दरों में परिवर्तन की संभावना नहीं है श्री सुशील मोदी ने कहा कि निकट भविष्य में दरों के स्लैब में भी बदलाव की उम्मीद नहीं है वे नई दिल्ली में भारत पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा विषय पर फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य या केन्द्र वस्तु और सेवाकर दरें बढ़ाने को तैयार नहीं है नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल हुए मतदान में करीब सत्तर फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया हालांकि मतदान के प्रतिशत के अंतिम आंकड़े अभी आना बाकी है प्रदेश के एक सौ इंक्यावन नगरीय निकायों के दो हजार आठ सौ चालीस वार्डो में पार्षद पद के निर्वाचन के लिए दस हजार एक सौ अड़सठ प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो चुका है मतदान के बाद मतपत्र और मतपेटियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों में स्थापित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है मतों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा परसों चौबीस दिसंबर को होगी राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगर पालिक निगम रायपुर के महर्षि वाल्मिकी वार्ड क्रमांक बत्तीस के मतदान केन्द्र क्रमांक तीन सौ निन्यानवे में कल तेईस दिसंबर को पुनर्मतदान कराया जाएगा इस मतदान केन्द्र में गड़बड़ी की शिकायत के बाद प्नर्मतदान कराने का निर्णय लिया गया है इधर सभी नगरीय निकायों के मतों की गणना के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं इसके लिए एक सौ तिरपन मतगणना स्थल बनाए गए हैं मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है मतगणना सुबह नौ बजे से प्रारंभ होगी और इसके बाद से रूझान आने शुरू हो जाएंगे आयोग के अधिकारियों ने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन तम्बाकू गुटखा ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज रायपुर स्थित पार्टी कार्यालय में हुई इस बैठक में प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगरीय निकाय चुनाव की समीक्षा के साथ ही आगामी त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम के बाद की स्थिति और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है

राज्य शासन ने पहले चरण में सीतामढ़ी हरचौका रामगढ़ शिवरीनारायण तुरतुरिया चंदखुरी राजिम सिहावा के सप्तऋषि आश्रम जगदलपुर और सुकमा जिले के रामाराम को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है इससे प्रदेश के पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज आरंग विकासखंड के ग्राम चंदखुरी में राम वनगनम परिपथ और माता कौशिल्या मंदिर परिसर के जीर्णोद्वार तथा सौंदर्यीकरण कार्य का भूमिपूजन किया इस मौके पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी मौजूद थे गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने प्रदेश में राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण की घोषणा की थी इसके अनुरूप राज्य सरकार राम वनगमन पथ के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल के चौदह वर्षो में से लगभग दस वर्ष से अधिक का समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था भगवान श्रीराम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग पचहत्तर स्थानों का भ्रमण किया इनमें से इन आठ स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए चयन किया गया है आदिवासी नृत्य महोत्सव राजधानी रायपुर में आगामी सत्ताईस दिसंबर से आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है संस्कृति विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने अधिकारियों के साथ आज सांईस कॉलेज मैदान पहुंचकर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए इस महोत्सव में देश को विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों सहित विदेशों के लगभग अस्सी जनजातीय नृत्य दलों के बारह सौ से अधिक कलाकार शामिल होंगे कार्यक्रम के पहले दिन सत्ताईस दिसंबर को उद्घाटन सत्र के बाद विदेशी नृत्य दलों में से थाईलैंड श्रीलंका और बेलारूस के दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे इसके बाद युगांडा मालदीव और बांग्लादेश के कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति होगी महोत्सव में सत्ताईस से उनतीस दिसंबर तक सुबह नो बजे से रात नौ बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे इधर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने एक कारपोर्रेट के रूप में स्वयं को जोड़ते हुए इस नृत्य महोत्सव के लिए साढ़े सात करोड़ रूपए की सहायता राशि प्रदान की है एनएमडीसी के सीएमडी एन बैजेन्द्र कुमार ने एनएमडीसी के कार्यकारी निदेशकों की उपस्थिति में इस संबंध में डिमांड ड्राफ्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा है राज्यपाल सम्मेलन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लोगों से शादी विवाह में आई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए संकल्प लेने का आहवान किया है सुश्री उइके ने आज रायपुर में आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के सम्मेलन से विवाह योग्य युवक युवतियों को अपन जीवनसाथी चुनने का अवसर उपलब्ध होता है राज्यपाल ने कहा कि भारतीय समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है यदि हम अपने प्राचीन समय में जाएं तो यह दो परिवारों का मिलन माना जाता रहा है दूसरे रूप में देखें तो नए परिवार का जन्म और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देना भी होता है बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन इन्द्रधनुष पर केंद्रित रहेगा मिशन इन्द्रधनुष बीते दो दिसंबर से पूरे देशभर में शुरू हुआ है इसमें छत्तीसगढ़ के सात जिलों को भी शामिल किया गया है मिशन इन्द्रधनुष और इसके अंतर्गत विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले टीकों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आकाशावाणी समाचार ने बात की राज्य टीकाकरण सलाहकार डॉक्टर हितेश ढोड़ी से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा

लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की छठवीं कड़ी का प्रसारण आगामी बारह जनवरी को होगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से किया जाएगा यह रेडियोवार्ता सुबह साढ़े दस बजे शुरू होगी लोकवाणी में इस बार का विषय सेवा का एक साल रखा गया है इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपूर के टेलीफोन नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पर तेईस चौबीस और पच्चीस दिसंबर को दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकार्ड करा सकते हैं

गरियाबंद जिले के पंडरीपानी सिकासेर के जंगल में हाथियों के दल ने मवेशी चराने गए एक ग्रामीण पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई राजधानी रायपुर में सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस दिसंबर को आदिवासी अस्मिताः कल आज और कल विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र के गुमगा के पास ट्रक और बस के बीच भिड़त में सोलह लोग घायल हो गए